प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल विभिन्न योजनाओं के स्व सहायता समूहों के सदस्यों से वीडियो कांफ़ेसिंग के जरिए चर्चा करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस पर प्रदेश में परिवार नियोजन जागरुकता पखवाड़ा आज से शुरू

ऊर्जा पर्व प्रदेश में आज ऊर्जा विकास पर्व मनाया गया केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद्र गेहलोत ने आगर मालवा में आयोजित कार्यकम में बिजली बिल माफी प्रमाणपत्रों का वितरण किया इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने दो हजार बाईस तक देश के सभी घरों में बिजली पहुंचाने की कार्ययोजना बनाई है वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम के जावरा में आयोजित कार्यक्रम में मंदसौर के सुवासरा में निर्मित ढाई सौ मेगावाट के सोलर प्लाण्ट दो सौ बीस किलोवॉट के सुवासरा उपकेन्द्र का लोकार्पण किया और चार सौ किलोवॉट के सीतामऊ उपकेन्द्र सहित अन्य सोलर प्लाण्ट का शिलान्यास किया इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में आज ही सौर ऊर्जा और बिजली के सात हजार आठ सौ करोड़ रुपये के विकासकार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है ये बताता है कि प्रदेश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है गुना में उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने ऊर्जा अधोसंरचना विकास पर्व में कई विकासकार्यों का लोकार्पण किया वहीं देवास में आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में हए विकासकार्यों की जानकारी दी गई डिण्डोरी में जिले के प्रभारी मंत्री ओमप्रकाश ध्र्वे ने मुख्यमंत्री सरल बिजली बिल और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए पीएम संवाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सवेरे साढ़े नौ बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्व सहायता समूहों के सदस्यों से सीधे बातचीत करेंगे बातचीत में दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के तहत काम करने वाले समूह भाग लेंगे श्री मोदी स्वसहायता समूहों की जिन महिलाओं से चर्चा करेंगे उनमें बड़वानी की सुधा बघेल और सागर की रेवती चौबे शामिल हैं इस बातचीत से प्रधानमंत्री को इन समुहों की सदस्यों र्स सीधे तौर पर यह जानने का अवसर मिलेगा कि वे किन गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं और ऐसी गतिविधियों का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है यह बातचीत दूरदर्शन और एनआईसी वेबकास्ट पर भी उपलब्ध होगी

इस प्रचार प्रसार वेन में ईव्हीएम और व्हीव्हीपेट मशीन का लाइव डेमो मास्टर ट्रेनर द्वारा किया जायेगा गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ईव्हीएम मशीन के साथ व्हीव्हीपेट मशीन का भी उपयोग किया जायेगा मतदाता ईव्हीएम मशीन से मत डालने के पश्चात व्हीव्हीपेट मशीन से यह देख सकेंगे कि उनका मत चयनित उम्मीदवार को चला गया है मनोज सिन्हा द्रसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने आज कहा कि सरकार ने वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर के विलय की मंजूरी दे दी है लेकिन इस सौदे पर आखिरी मुहर लगने से पहले इन कंपनियों को कृछ आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर के विलय के बाद बनी कंपनी देश की सबसे बड़ी मोबाइल फोन ऑपरेटर कंपनी होगी जिसकी कुल लागत डेढ़ लाख करोड़ रुपये होगी इस विलय से देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के रूप में भारती एयरटेल का स्थान नयी कंपनी लेगी लैपटाप मध्यप्रदेश बोर्ड की बारहवीं परीक्षा पहली बार में पिचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले लगभग पैतालीस हजार विद्यार्थियों को बीस जुलाई को लैपटाप की राशि का वितरण किया जायेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर संभागीय मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में संभाग के पात्र विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र के साथ लैपटाप खरीदने की राशि देंगे कार्यकम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से सभी जिलों में किया जायेगा

इस मौके पर नागरिकों को सीमित परिवार के फायदे समझाने और परिवार नियोजन की सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिये कई कार्यक्रम आयोजित किये गये प्रदेश में चौबीस जुलाई तक जागरूकता पखवाड़ा भी मनाया जायेगा पखवाड़े के दौरान विभिन्न स्तरों पर परिवार नियोजन संबंधी सेवाएँ दी जायेंगी

जिसमें दो हजार से अधिक हितग्राहियों की नसबंदी का लक्ष्य रखा गया है देवास में जिला स्तरीय परिवार स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया बड़वानी के महिला चिकित्सालय से जागरुकता रैली निकाली गई नेशनल कॉन्क्लेव इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में तेरह जुलाई को चौथा नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइन्स एण्ड मिनरल्स का आयोजन किया जायेगा इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय खनन मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर करेंगे नेशनल कॉन्क्लेव में देश के प्रमुख खनिज सम्पदा वाले बाईस राज्यों के प्रतिनिधि मण्डल भी भाग लेंगे कॉन्क्लेव में मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी संबंधी उपयोगी जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से दी जायेगी कॉन्क्लेव के आयोजन का मूल उद्देश्य देश में खनन के क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए बाधाओं का निराकरण करवाना है बीमा राशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शाजापुर जिले के कालापीपल में आयोजित बीमा दावा राशि प्रमाण पत्र वितरण समारोह में एक सौ सत्रह करोड़ रूपये से अधिक लागत के विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया किसान महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के लाभ दिये

जैव विविधता कार्यशाला जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना के पुनरीक्षण के लिये शुरू हुए कार्यशाला का आयोजन भोपाल के आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में किया गया इस मौके पर अपर मुख्य सचिव केके सिंह ने कहा कि पृथ्वी पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा है लोगों के रहन सहन के तरीके में भी बदलाव आया है ऐसे में जैव विविधता के लिये रणनीति और कार्य योजना का प्नरीक्षण करना जरूरी है इस अच्छे काम के लिये हर तरह से सहयोग दिया जायेगा

हमारे नीमच संवाददाता ने बताया है कि वन मण्डल द्वारा पर्यावरण वानिकी महोत्सव के तहत आज वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा का दौर जारी है

दक्षिण पश्चिम मध्यप्रदेश में इंदौर उज्जैन भोपाल होशंगाबाद और जबलपुर संभाग के अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद है शेष हिस्सों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है विभाग ने कहा है कि अगले अड़तालीस घण्टों के दौरान अलीराजपुर अनुपपुर बालाघाट बड़वानी बैतूल भोपाल ब्रहानपुरछिंदवाड़ा दमोह देवास धार डिण्डौरी हरदा होशंगाबाद इंदौर जबलपुर कटनी खण्डवा खरगौन झाबुआ मंदसौर नरसिंहपुर रायसेन राजगढ़ रतलाम सागर सीहोर सिवनी शहडोल शाजापुर उज्जैन उमरिया और विदिशा में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है